रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश में चल रही सड़क परियोजनाओं की प्रगति की आज समीक्षा करेंगे समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज के तहत शुरू की गयी हैं बैठक में भाग लेने के लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव मुख्य सचिव दीपक कुमार और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा नई दिल्ली पहुंच गये हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बैठक में पीएम पैकेज के तहत चौवन हजार सात सौ करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली बयासी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा होगी उन्होंने कहा कि बैठक में जमीन अधिग्रहण को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने पर विस्तार से चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयुष्मान भारत योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दस करोड़ चिन्हित परिवारों को पत्र भेजेंगे नीति आयोग के सदस्य विनोद के पॉल ने बताया कि योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों को पत्र भेजा जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंप दी है श्री कुमार ने प्रधानमंत्री से किसानों के लिए विशेष मदद का आग्रह किया है अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गयी हैं दोनों दलों के बीच फार्मूला तय होने के बाद कल अरवल में एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की इस मुलाकात के राजनीतिक हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं हालांकि श्री कुशवाहा ने कहा है कि यह मुलाकात मात्र एक संयोग है उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या तय होने के बाद ही वे कोई बयान देंगे वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ये बताना जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है लेकिन बातचीत सकारात्मक रही है दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख घटक दल लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भाजपा गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय चेहरे हैं वे दोनों दलों के प्रमुख नेताओं के बयान का स्वागत करते हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता में आने के लिए घटक दलों को बलिदान करना होगा आयकर विभाग ने मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सम्पत्ति की जांच शुरू कर दी है विभाग यह जांच कर रहा है कि हाल के वर्षो में ब्रजेश ठाकुर ने कहां कहां कितनी सम्पत्ति खरीदी है और अपने सगे संबंधियों के नाम पर कितनी सम्पत्ति जमा की है आयकर विभाग इस बात की भी जांच करेगा कि ब्रजेश ठाक्र को स्वयं सेवी संस्थाओं से कितनी आय हो रही थी सूत्रों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद विभाग ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी करेगा मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार तस्कर कुंदन मंडल और दीपू साह ने कई खूलासे किये हैं पूलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि इन दोनों ने जानकारी दी है कि म्यामां से दीमापुर के रास्ते विदेशी हथियार मुंगेर तक पहुंचते थे इसके बाद इन हथियारों की बिक्री बिहार और झारखंड में की जाती रही है उन्होंने बताया कि कुंदन मंडल ने विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराना अब पांच गुना तक महंगा हो गया है अब मरीजों को भर्ती होने के लिए दस हजार रूपये की जगह पचास हजार रूपये अग्रिम जमा करना होगा नई दर के अनुसार इमरजेंसी आईसीयू के लिए अब ग्यारह सौ रूपये की जगह पांच हजार रूपये प्रति दिन देने होंगे जबकि इमरजेंसी एचडीयू में प्रति दिन बेड का चार्ज सात सौ बीस रूपये से बढ़ा कर पच्चीस सौ रूपया कर दिया गया है एचडीयू के लिए अग्रिम जमा की राशि पच्चीस हजार रूपये कर दी गयी है इसके अलावा अन्य शुल्कों में भी बढ़ोतरी की गयी है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि बोर्ड ऑफ गर्वनर सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की सहमति से यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि मरीजों भीड़ जरूरत से अधिक होने के कारण शुल्क में वृद्धि की गयी है केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए द्रसंचार कंपनियों को मोबाइल उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है साथ ही विभाग ने कम्पनियों से पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा है हालांकि दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा है कि यदि नए कनेक्शन के लिए ग्राहक स्वेच्छा से आधार देना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह उनचासवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से ही रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह आज बाढ़ स्थिति एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना का निरीक्षण करेंगे इस दौरान श्री सिंह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कई नई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अगले महीने तक डेढ़ लाख और घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि डेढ़ लाख घर अभी तैयार हैं जिसमें लाभुकों को दीपावली में गृह प्रवेश करवाया जायेगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के बयालीस शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए पांच सौ छप्पन करोड़ रूपये के डीपीआर को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है अब इसे केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा का जिम्मा महिला पुलिस को सौंपा जायेगा शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अमान्य या फर्जी प्रमाण पत्र बहाल हुये शिक्षकों की पहचान कर उन्हें हटाने का आदेश दिया है इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है जिला स्तर पर पन्द्रह जनवरी तक सभी सूचनाओं की समीक्षा कर पच्चीस जनवरी से ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाये प्रदेश में डेंगू से अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है कल पटना के नौबतपुर की एक महिला की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गयी इधर डेंग् पीड़ितों की संख्या बढ़कर साढ़े छह सौ से अधिक हो गयी है वहीं चिकगुनिया के भी एक सौ सत्रह रोगियों की पहचान हुई है राजधानी में पीएमसीएच एनएमसीएच और आरएमआरआईएमएस में शिविर लगाकर डेंगू की जांच की जा रही है विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट ट्र्नामेंट में बिहार का मुकाबला आज त्रिप्रा से होगा तीन दिवसीय यह मैच पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है तमिलनाडु के डिंडीगुल में समपन्न छठी फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैंडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और अब पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनने से जुड़ी खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है भाजपा जदयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे दैनिक जागरण लिखता है एनडीए में लोकसभा सीटों की संख्या के बंटवारे की दो से तीन दिनों में होगी घोषणा अखबार ने लिखा है भाजपा जदयू को सोलह सोलह लोजपा को पांच और रालोसपा को दो सीट मिलने की सम्भावना दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी घूसखोरी के आरोपों की जांच राष्ट्रीय सहारा ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है पति गिरफ्तार नहीं हुआ तो जब्त की जायेगी मंजू वर्मा की सम्पत्ति आज की सुर्खी है पटना रोसड़ा बस गड्ढ़े में गिरी चार की मौत तीस घायल

रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से की मुलाकात